प्रदेश में मतदाता जागरूकता के लिए आज भी जगह जगह विभिन्न कार्यक्रम

प्रदेशभर में होली की तैयारियां जोरों पर कई जगह फागोत्सव का आयोजन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

राष्ट्रपति ने असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए तेरह परम विशिष्ट सेवा पदक दो उत्तम युद्ध सेवा पदक और छब्बीस अति विशिष्ट सेवा पदक भी प्रदान किए इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी थल सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत नौसेना अध्यक्ष एडमिरल सुनील लांबा वायु सेनाध्यक्ष एयर चीफ मार्शल बीरेन्द्र सिंह धनोआ और अन्य गण्यमान्य व्यक्ति मौजूद थे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

पुलवामा के शहीदों के प्रति सम्मान के कारण इस वर्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं रखे गए

शहीद हरदेवाराम आतंकवादियों के खिलाफ अपनी यूनिट के साथ सैन्य अभ्यास कर रहे थे इसी दौरान वह अचेत होकर गिर पड़े रविवार को सैन्य अस्पताल में उनका निधन हो गया उनकी अंतिम विदाई के समय शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा विधायक परसराम मोरदिया पूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री सुभाष महरिया जिला कलेक्टर चौथमल मीणा और सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे

उसके मुताबिक उन्हें स्टार रेटिंग दी जाएगी

अगले दिन नामांकन पत्रों की जांच होगी

आयोग ने न्यायालय को बताया कि उसकी सोशल मीडिया के वार्ताकारों के साथ आज बैठक होनी है जिसमें इस मुद्दे पर फैसला किया जाएगा आयोग ने कहा कि देश के इंटरनेट और मोबाईल संगठनों तथा सोशल मीडिया से जुड़े माध्यमों के साथ सलाह मशविरे से आचार संहिता तैयार की जा रही है

इसी के तहत अजमेर जिले में श्भंकर खरमोर पक्षी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए मतदान जागरूकता की थीम बनाया गया है जिला निर्वाचन अधिकारी विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि खरमोर के माध्यम से मतदाताओं में जागरूकता पैदा करने के साथ आवश्यक रूप से देशहित में मतदान करने की अपील की जाएगी बांसवाडा में मतदाता जागरूकता के लिए जिले में पांच स्वीप रथ गांव गांव घूमकर मतदान की मनुहार कर रहे हैं ये स्वीप रथ गांवों की चौपालों हाट बाजारों और गली मोहल्लों में पहुंच रहे हैं इन रथों से ईवीएम और वीवीपेट के माध्यम से लोगों को मोक पोल से मतदान की प्रक्रिया को बताया जा रहा है

केन्द्रीय वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव ए बी पांडे ने समिति के निर्णय की जानकारी देते हुए संवाददाताओं से कहा कि राज्य सरकारों के साथ बातचीत करके आवास विकास के कारोबार में लगी कंपनियों को नए कर ढांचे के अनुपालन के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा

अन्य श्रेणी के मकानों पर कर की दर कम कर पांच प्रतिशत कर दी गयी नयी दरें एक अप्रैल से लागू होंगी श्री पांडे ने कहा कि नयी आवास परियाजनाओं पर एक अप्रैल से नयी दरें अनिवार्य रूप से लागू होंगी

बोर्ड के आदेश में कहा गया है कि अगर कोई छात्र सुधार परीक्षा देना चाहता है तो उसे उस विषय के लिए अलग से उत्तीर्ण प्रमाणपत्र नहीं दिया जाएगा बल्कि उसे दूसरा अंकपत्र दिया जाएगा

चूरू में दो दिवसीय फागोत्सव आज से शुरू हो गया है इस अवसर पर जगह जगह शेखावाटी के प्रसिद्ध गींदड नृत्य के अखाडे लगाये गये है जहां पर लोक कलाकार लोक गीतों के साथ नृत्य कर रहे है

इधर आकाशवाणी जयपुर परिसर में आज होली पर्व के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक संध्या फागुन फुहार का आयोजन किया जा रहा है इस अवसर पर ख्याप्ति प्राप्त लोक कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे है

ये बस विजय नगर से सरवाड जा रही थी कि गांव के पास पलट कर खड्डे में जा गिरी

निदेशक जनस्वास्थ्य डॉ वीके माथुर ने बताया कि जोधपुर में लोहावट वाईयों की ढाणी में बिना फूड लाईसेंस के चल रही मावा बनाने की इस इकाई पर बिना फैट के दूध और तेल मिलाकर मावा तैयार किया जा रहा था